शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही

वृद्धावस्था पेंशन धारकों को विशेष अभियान चलाकर लगाया जायेगा टीका

बड़े विमानों की आवाजाही में होगी सुविधा और प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

राष्ट्रीय जनता दल सीपीआई माले कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल बाधित रहा जबकि ध्यानाकर्षण की कार्यवाही भी नहीं हो सकी अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले के सत्र की कार्यवाही निर्धारित समय से आधा घंटा पहले ही स्थगित कर दी इधर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद के ललित कुमार यादव ने आरोप लगाया कि पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से धड़ल्ले से शराब बिक रही है विपक्ष के सदस्यो ने एक टीवी चैनल द्वारा पटना में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की खबर को आधार बनाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की वहीं सीपीआई माले के महबूब आलम ने खगड़िया के महेशख्रंट में एक स्कूल की चहारदीवारी ढहने से छह मजदूरों की मृत्यू का मामला उठाया उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना सरकारी लापरवाही से हुई है इसलिए दोषी लोगों पर आपराधिक मुकदमा होना चाहिए अध्यक्ष ने इस मुददे पर अन्य दलों के सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया मजदूरों की मौत के मामले में सीपीएम के अजय कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को बीस बीस लाख रूपये की सहायता राशि देने की मांग की करीब आधा घंटा तक इन विषयों पर सदस्यों ने अपनी बात रखी वहीं सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदस्यों के इस आरोप को खारिज किया कि शराबबंदी कानून के माध्यम से गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है

इनमें आठ लाख बावन हजार को कोविड टीके की पहली खुराक दी गयी है जबकि दो लाख पैंतीस हजार लाभार्थियों को टीके की दूसरी डोज दी गयी है उधर प्रदेश के लगभग बहत्तर लाख व्रद्धावस्था पेंशनधारकों को कोविड के टीके देने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पंचायती राज प्रतिनिधियों की मदद लेगा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में दो हजार केन्द्रों पर कोविड टीकाकरण का काम चल रहा है श्री पांडेय ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान भारत और सीजीएचएस से जुड़े निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण की व्यवस्था की गयी है देश भर में अब तक दो करोड़ तैंतालीस लाख सड़सठ हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इनमें इकहत्तर लाख तीस हजार अंठानवे स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीका और अड़तीस लाख नब्बे हजार दो सौ संतावन स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे दौर का टीका लगाया गया इसके अलावा उनहत्तर लाख छत्तीस हजार से अधिक अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को पहला टीका और चार लाख तिहत्तर हजार से अधिक कर्मियों को दूसरे दौर का टीका लगाया गया वहीं पैंतालीस वर्ष से ऊपर के गंभीर रोग से पीड़ित आठ लाख तैंतीस हजार से अधिक तथा साठ वर्ष से ऊपर आय़् के इक्यावन लाख से ज्यादा लोगों को भी कोविड का पहला टीका दिया गया रेलवे अगले चरण में अपने तीन लाख बाईस हजार से अधिक कर्मचारियों को कोविड से बचाव का टीका लगायेगा लोकसभा में आज एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों का टीकाकरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है उन्होंने कहा है कि पहले चरण में रेलवे स्वास्थ्य कर्मियों और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है श्री गोयल ने बताया कि अब तक अठारह हजार नौ सौ चौंसठ रेलवे स्वास्थ्य कर्मियों और करीब उनचास हजार रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा चुका है इधर बिहार मे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों अभियंताओं कर्मचारियों और उनके परिजनों का टीकाकरण शुरू हुआ इसके अंतर्गत पैंतालीस साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को टीके दिये जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में कोविड के सत्रह हजार नौ सौ इक्कीस नये मामले दर्ज किये गये हैं इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या एक करोड़ बारह लाख से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में एक सौ तैंतीस लोगों की कोविड से मौत हुई है जिससे अब तक मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या एक लाख अंठावन हजार पहुंच गयी है केन्द्र सरकार ने आज कहा कि बिहटा हवाई अड्डे के मौजूदा रनवे की लंबाई को बढ़ाकर बारह हजार फूट किया जायेगा नागर विमानन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि इससे बड़े विमानों के उतरने में भी आसानी होगी भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के जवाब में श्री पुरी ने बताया कि बड़े विमानों की आवाजाही के लिये एयरपोर्ट अथॉरिटी और वायुसेना के संयुक्त इस्तेमाल के लिये बिहटा में एक सिविल इनक्लेव बनाया जायेगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दे दी है वित्त विधेयक दो हजार सात के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की राशि से यह कोष बनाया गया है इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में किफायती सेवाएं और संसाधन उपलब्ध होंगे इस कोष की राशि वित्तवर्ष के साथ समाप्त नहीं होंगी बल्की यथावत रहेंगी इस राशि का उपयोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनओं में किया जाएगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का संचालन स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि दूरसंचार विभाग इस वर्ष नवंबर तक पांच हजार पांच सौ उन्नीस ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि नवम्बर तक चार हजार एक सौ बारह ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड नेटवर्क से और एक हजार चार सौ सात भारतनेट परियोजना के तहत सैटेलाइट मीडिया से जुड़ जायेंगी

केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए बहुत जल्द आयुष्मान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल योजना देश भर में शुरू की जाएगी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर श्री भल्ला ने कहा कि इस योजना के तहत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मी और उनके परिवार के सदस्यों को देश भर में चौबीस हजार से अधिक अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों को स्वास्थ्य कार्ड दिया जायेगा जिससे वे हर साल अपनी और हर तीन साल में अपने परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य जांच कर सकेंगे तीरथ सिंह रावत ने आज उत्तराखंड के नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उन्होंने यह जिम्मेवारी संभाली है मौसम विभाग ने बारह और तेरह मार्च को राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य बिहार को छोड़कर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है

पटना आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान चौंतीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं गया का अधिकतम तापमान तैंतीस दशमलव आठ भागलपुर का बत्तीस दशमलव दो वाल्मिकी नगर का तैंतीस और पूर्णिया का तीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया इधर मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटे में पश्चिम चंपारण जिले के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आज समाहरणालय स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया इस दौरान बयालीस कर्मी ड्यूटी से अनुपस्थित पाये गये जिलाधिकारी ने इन सभी के एक दिन के वेतन पर रोक लगाते हुए सभी से चौबीस घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है समस्तीपुर के पटेल मैदान में दो दिवसीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी आज से शुरू हो गयी जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि नई तकनीक से किसानों की आमदनी बढ़ेगी शेखप्रा के जिला जज जनार्दन त्रिपाठी और उनकी पत्नी ने आज कोविड का टीका लिया दरभंगा में पिछले दिनों अपराधियों की गोलीबारी में एक युवक की मौत के विरोध में स्थानीय लोगों और व्यवसायियों द्वारा बुलाये गये बंद का शहर में मिलाजुला असर रहा पश्चिम चंपारण के इनरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवानों ने भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद किया है कटिहार मंडल कारा में आज एक विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी बताया जाता है कि मृतक कोढ़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला था और वह पिछले ढाई महीने से दहेज हत्या के मामले में जेल में बंद था लखीसराय जिले के बड़हिया में ड्रमरी स्थित इंडियन ऑयल के स्क्रैप यार्ड में तेल पाईप लाईन फटने से आसपास के क्षेत्रों में हजारों लीटर तेल फैल गया पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के घेरे में ले लिया है आसपास के लोगों को माचिस जलाने या चूल्हा पर खाने बनाने पर रोक लगा दी है बेगूसराय में पुलिस ने सिमरिया के नवबिंद टोला में छापेमारी कर चार अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने आज मुजफ्फरपुर में कोविड का टीका लगवाया उन्होंने टीके को पूरी तरह सुरक्षित बताया है खगड़िया नगर परिषद् बोर्ड ने आज सर्वसम्मति से अगले वित्त वर्ष के लिये नगर परिषद् का एक अरब पच्चीस करोड़ से अधिक का बजट पारित कर दिया

शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही

व्रद्धावस्था पेंशन धारकों को विशेष अभियान चलाकर लगाया जायेगा टीका

बड़े विमानों की आवाजाही में होगी सुविधा और प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी